परिवहन मन्त्री बिक्रम ठाक्र ने आज शिमला में बताया कि नवरात्रों और त्यौहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अंतरराज्यीय रूटों पर केवल गैर वातानुकूलित बसें ही चलाई जाएंगी और इन रूटों में रात्रि बस सेवाएं भी शामिल की गई हैं उन्होंने कहा पिछले कुछ समय से आम लोग भी अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने की मांग कर रहे थे परिवहन मन्त्री ने कहा कि अंतरराज्यीय रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा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

उन्होंने कहा कि नूरपुर में बनने वाले चेतना केंद्र में कांगड़ा जिले के समृद्ध इतिहास के साथ साथ नूरपुर के इतिहास व संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा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

राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया है बिलासपुर ज़िले के घुमारवीं में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के सदस्य गांव गांव जाकर लोगों को कृषि विधेयकों के लाभ की जानकारी देंगे और इससे संबंधित पत्रक भी वितरित करेंगे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 किशन कपूर अपील सांसद किशन कपूर ने कोरोना से बचाव के लिये लोगों से प्रधानमंत्री के जन आन्दोलन से जुड़ने की अपील की है किशन कपूर ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह भी किया है

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इस चौक पर वाजपेयी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी इससे पूर्व उन्होंने रूणडाल किलबहाला संपर्क सड़क के लोकार्पण के अलावा सालवीं संपर्क सड़क की आधारशिला भी रखी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 शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृलदीप राठौर ने कहा है कि सरकार ने पहले बस किराए में बढ़ौतरी की और अब अस्पतालों में टैस्ट की दरें बढ़ाकर एक और जनविरोधी निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को राहत देने की बजाए उन्हें मंहगाई परोसी जा रही है राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीमेंट कंपनीयों के दबाव में आकर सीमेंट के मूल्यों में बढौतरी की है जो न्यायसंगत नहीं है

उन्होंने कहा कि इससे उनके काम में तीव्रता आएगी और सूचना समय पर पहुंचेगी उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग से जूड़ी विभिन्न सेवाओं में अपना सक्रिय सहयोग दे रही है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 शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले सभी श्रद्दालुओं को आरोग्य सेतू ऐप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा उन्होंने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हर्बल टूरिजम मण्डी जिले के जंजैहली और इसके आसपास के क्षेत्र में आयुर्वेदिक व हर्बल टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे आत्मनिर्भर मण्डी अभियान के तहत जंजैहली में आयोजित एक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि ने स्थानीय होटलों में अरोमा थैरेपी शुरू की जाएगी ताकि पर्यटक स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकें

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि ये अभियान सभी चिकित्सा खंडों में भी चलाए जाएंगे और इस दौरान लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया जाएगा